संसद ने चिट फंड संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है लोकसभा के बाद इस विधेयक को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी इसके जरिये चिट फंड विधेयक उन्नीस सौ बयासी में संशोधन का प्रस्ताव है राज्य सरकार की अनुमति के बिना चिट फंड कंपनी खोलने पर प्रतिबंध होगा संशोधित विधेयक के तहत चिट फंड में निवेश की सीमा व्यक्ति विशेष के लिए एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये और कंपनियों के लिए छह लाख रुपये से बढ़ाकर अठारह लाख रुपये कर दी गई है वहीं एजेंटों के कमीशन की अधिकतम सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत की गई है खेतों में फसल अवशेष जलाने के मामले में प्रदेश में पहली बार रोहतास जिले के करगहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार करगहर थाना क्षेत्र अन्तर्गत घोरडीहां गांव के किसान मंतोष कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कृषि समन्वय संजय कुमार सिंह ने यह मामला दर्ज कराया है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दिया है और इसकी जिम्मेदारी कृषि समन्वयकों को दी गयी है प्रदेश के सभी विद्यालयों में आज बच्चे फसल अवशेष नहीं जलाने देने के लिए परिजनों और अपने सगे संबंधियों को प्रेरित करने की शपथ लेंगे स्कूलों में प्रार्थना सभा में ही शपथ कार्यक्रम का आयोजन होगा बाद में विशेष सत्र आयोजित कर फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को जानकारियां दी जायेंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीन दिसम्बर को पश्चिम चम्पारण जिले के चम्पापूर गनौली गांव से जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरूआत करेंगे यात्रा के पहले चरण में श्री कुमार पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण सीवान और गोपालगंज जिले में सम्मेलनों को संबोधित करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे साथ ही मुख्यमंत्री का तालाब तथा आहर पाईन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने कहा है कि सरकार खेती में मजदूरों की कमी की समस्या का अध्ययन करवायेगी पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि राज्य में कृषि कार्य के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है और इसका सही आकलन इसके अध्ययन से ही सम्भव होगा जल जीवन हरियाली मिशन की चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्त्रोतों की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जायेगी उप मुख्यमंत्री सह वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले वर्ष नौ अगस्त को एक दिन में पूरे प्रदेश में दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे लगाये जायेंगे इसमें वन विभाग द्वारा एक करोड़ इक्यानवे लाख और मनरेगा के तहत साठ हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिलाधिकारियों के साथ इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने इस काम के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया मुगलसराय रेल मंडल के भभुआ रोड स्टेशन और वाराणसी मंडल के मंडुआडीह स्टेशन पर इंटरलॉकिंग काम के कारण चार जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं एक जोड़ी ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन और एक जोड़ी ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है आज से सात दिसम्बर तक पटना भभुआ इंटरसिटी ट्रेन और बरकाकाना वाराणसी पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी वहीं तीन और चार दिसम्बर को मंड्ञाडीह पटना जनशताब्दी ट्रेन को बंद करने का फैसला किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सोन नदी पर नवनिर्मित कोईलवर पुल का एक लेन तैयार हो गया है और इस पर जनवरी महीने से परिचालन शुरू हो जायेगा विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने यह जानकारी दी महात्मा गांधी सेत् के समानांतर बने पीपापूल पर आवागमन शुरू हो गया है अभी इस पुल पर दो पहिया वाहन और पैदल यात्री ही आ जा सकेंगे पुल के पहुंच पथ का निर्माण कार्य प्ररा होने के बाद चार पहिया वाहनों के परिचान की अनुमति दी जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की सम्भावना है विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि सुबह में हल्की धूंध बनी रहेगी और दिन के समय अच्छी धूप निकलेगी पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम की बिना निबंधन वाली गाड़ियों का सोमवार तक निबंधन कराने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश सुनाया अभी पटना नगर निगम की नौ सौ पच्चीस गाड़िया बिना निबंधन के चल रही हैं पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से बुधवार को पांच करोड़ मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की बरामदगी के मामले में सरगना अभिमन्यु कुमार की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है इधर इस मामले में मौके से गिरफ्तार तीन तस्करों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए एक सौ तेईस प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है इनमें अध्यक्ष समेत सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिए छियालीस और काउंसलर के पदों के लिए सतहत्तर नामांकन किये गये है अध्यक्ष पद के लिए तेरह उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और कल योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी बांका स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नवनिर्मित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट फरवरी से काम करने लगेगा इसके लिए जिला प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है जनवरी के अन्त तक प्लांट से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी मूजफ्फरपूर के चक्कर मैदान में सेना बहाली के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल दूसरे दिन तकनीकी पदों के लिए दो सौ छियानवे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया वहीं आज सोल्जर क्लर्क स्टोरकीपर और नर्सिंग सहायक की बहाली के लिए पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है कला संस्कृति और यूवा विभाग की ओर से भागलप्र में आयोजित राज्यतस्तरीय अंडर सेवेंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के बालक वर्ग में मुजफ्फरपुर की टीम विजेता बनी है फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर ने भागलपुर को दो रनों से पराजित किया कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में आज बिहार की टीम का मुकाबला मणिपुर से होगा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में बिहार टीम की कप्तानी सूरज राठौर को सोंपी गयी है पटना में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर जूडो चैंपियनशिप के बालक वर्ग में पटना और बक्सर की टीम संयुक्त रूप से विजेता बनी है वहीं बालिका वर्ग में समस्तीपुर की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया है झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों औरंगाबाद गया रोहतास और नवादा जिले में सघन गश्ती की जा रही है पुलिस महानिरीक्षक अभियान सुशील खोपड़े ने कहा है कि नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है सीतामढ़ी जिले के रीगा खैरवा रोड पर अज्ञात अपराधियों ने समाचार संकलन कर अपने कार्यालय लौट रहे एक पत्रकार को मारपीट कर घायल कर दिया अपराधी पत्रकार की मोटरसाईकिल लूट कर फरार हो गये औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने भारत भ्रमण पर आये पोलैंड के एक पर्यटक से लूटपाट करने के चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुये दस साल कैद और पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है सुपौल की एक सत्र अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दो दोषियों को आठ साल कारावास और दस लाख रूपये जूर्माने की सजा सुनाई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है उद्धव ने सीएम पद की शपथ ली तीन दलों के दो दो मंत्री बने हिन्दुस्तान ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए लड़ेगा चूनाव दैनिक जागरण की सुर्खी है रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से प्रज्ञा ठाकुर को किया गया बाहर प्रभात खबर ने लिखा है स्प्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की याचिका पर लगातार सुनवाई को राजी दैनिक आज ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है भू दान की अनुपयोगी जमीन का होगा सार्वजनिक उपयोग राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बाईस हजार करोड़ रूपये के रक्षा सौदे को मंजूरी